जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रम्ख की दत्तक प्त्री हनीप्रीत इसां ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में ज़मानत अर्जी दायर की हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रोहतक के चाय पर चर्चा के दौरान कहा कि समाज को तोड़ने वालों को बर्दाशत नहीं किया जायेगा हरियाणा में च्नाव प्रचार तेज़ हुआ बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज भिवानी में रैली की हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र लागू की गई आदर्श आचार संहित के कारण विभिन्न विभागों दवारा भारत निर्वाचन आयोग से मांगी जाने वाली सभी प्रकार की अन्मतियां अब ऑन लाइन हो जायेंगी हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन ने विभागों के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में हुई बैठक यह जानकारी देते हुये कहा कि आदर्शन आचार संहिता के दौरान विज्ञापन निय्क्ति उदघाटन निविदा आदि की पूर्व अन्मति और एमसीसी में संबद्व प्रावधानों की जानकारी अब आन लाइन ही दी जायेगी

उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी के नाम से भी लॉग ईन आईडी बनाई गई है विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर स्क्रीनिंग कमेटी अपना निर्णय लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजेंगी

उन्होंने कहा कि अब फाइलों पर अन्मतियां नहीं दी जायेगी

उन्होने बताया कि द्रदर्शन व आकाशवाणी पर इनैलो को लगभग पचास व चालस मिनट जबकि भारतीय जनता पार्टी को दस दस मिनट तथा बहजन समाज पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पांच पांच मिनट का समय दिया गया है कांग्रेस ने द्रदर्शन पर सयम के लिये आवेदन नहीं किया था श्रीरंजन ने बताया कि बीएसपी बीजेपी और इनैलो सहित तीन पार्टियों को दूरदर्शन पर एक से तीन मई तक चार से साढे चार बजे तक दस दस मिनट के तीन स्लोट आवंटित किये गये है जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रम्ख की दत्तक पूत्री हनीप्रीत इंसा ने आज पंचक्ला हिंसा मामले में लंबे समय से जेल में होने के ग्राउंड पर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज लोकसभा च्नाव के चौथे चरण की विश्लेषण पर आधारित विशेष दविभाषीय कार्यक्रम प्रसारित करेगा यह विशेष परिचर्चा एक एम गोल्ड चैनल व अतिरिक्त मीटरों पर साढ़े नौ बजे स्नी जा सकती है डबवाली प्लिस की सीआईए शाखा ने गश्त व चैकिंग के दौरान मंडी कालांवाली क्षेत्र से एक य्वक को तीन किलो पांच सौ ग्राम गांजे के साथ काबू किया है पकडे गये य्वक की पहचान मसीराम निवासी कालांवाली के तौर पर हई है प्लिस ने पकड़े गये य्वक से सप्लायर के बारे जानकारी ले कर सप्लायर समेत दो लोगों के खिलाफ थाना कालांवाली में मामला दर्ज किया है प्लिस के म्ताबिक इस व्यक्ति को गश्त के दौरान पकड़ा गया अब उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जायेगा

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश व समाज को तोड़ने व जातपात की राजनीति कर रही है चाय पर चर्चा के दौरान उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस तरह की घटनायें दोबारा न हो और समाज को तोड़ने वालों को बर्दाशत नहीं किया जायेगा हरियाणा में च्नाव प्रचार काफी तेज़ हो गया है विभिन्न लोकसभा हलकों में अलग अलग पार्टियों दवारा रैलियों व जन सम्पर्क दवारा विभिन्न तरीकों से लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिये कहा जा रहा है आज भिवानी में विधायक घनशाम सर्राफ व भाजपा के जिलाध्यक्ष नादशन धानियां ने एक विजय सकंल्प रथ यात्रा को रवाना किया जो भिवानी शहर के वार्ड में बुथों पर जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी गुरूग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राव इन्द्रजीत सिंह ने खोरी सहारनवास ब्ड़प्र सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों से अपीली की कि वे ऐसी सरकार बनाये जो देश को आंख दिखाने वालों को मूंह तोड़ जवाब दे उधर भिवानी में आज बहजन समाज पार्टी की प्रम्ख मायावती ने रैली की और लोकतंत्र स्रक्षा पार्टी व बहजन समाजपार्टी के तीन संसदीय क्षेत्रों भिवानी महेन्द्रगढ़ हिसार व सिरसा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की

अपने सम्बोधन में मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने किये गये एक चौथाई वादों को भी पूरा नहीं कर पाई और आरोप लगया कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में पिछड़ो आदिवासियों व अनुसुचित जाति के लोगों को उनका हक नहीं दिलवाया सोनीपत मे शहरी स्थानीय निकाय व महिला विकास मंत्री कविता जैन ने अपने जनसम्पर्क अभियान के दौरान लोगों से कहा कि कांग्रेस जननायक जनता पार्टी व इनैले प्रत्याशी केवल राजनैतिक स्वार्थ के िलये चुनाव मैदान मे है उनके पास विकास को कोई एजेंडा नहीं है उन्होंने कहा कि लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बनाने की अपील की क्रूक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आज इनैलो प्रत्याशी अर्ज्न चौटाला ने हलका कलायत के गावों का दौरा किया प्योता पितरम रामगढ़ आदि गांवों मे जनसभाओं को सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि अगर वो ससंद में पहुंचे तो वहां रोज़गार का मुद्दा और किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठायेंगे इस मौकेपर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा भी उनके साथ थे पलवल में ट्रक की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसा तब हुआ जब गांव बामनी खेड़ा निवासी सतबीर चीनी मिल में गन्ना डालने आर रहे थे चीनी मिल के गेट के मोड़ पर पलवल की तरफ से आ रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने सतबीर को टक्कर मार दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई प्लिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

श्री राजीव रंजन आज चंडीगढ़ में स्वीप कोर कमेटी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होनें दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर विशेष शौचालय व अन्य मूलभूत जन स्विधाओं की व्यवस्था स्निश्चित करने को कहा उन्होंने बैठक में उपस्थित दिव्यांगजन राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के प्रतिनिधियों से भी दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्झाव मांगे

प्रशासन घर घर जाकर ऐसे मतदाताओं को मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है

आठ टीमों की अंक तालिका में हैदराबाद चौथे और पंजाब छठे स्थान पर है